राज्य सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में करीब चौदह घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से गिरा मानसून सत्र का भी हुआ समापन

मुख्य न्यायाधीश शपथ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नव नियुक्त मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी ने आज शपथ ग्रहण कर ली है राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई वे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चौदहवें मुख्य न्यायाधीश होंगे छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन को आंध्रप्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के बाद न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति श्री त्रिपाठी इससे पहले पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल सहित राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद थे लोकसभा राज्यसभा चुनाव विमर्श विधि आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श कर रहा है आयोग ने दो दिन की बैठक में सात मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और उनसठ राज्य स्तरीय दलों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था आयोग ने एक साथ चुनाव संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य विषय पर मसौदा पत्र तैयार किया है और राजनीतिक दलों संवैधानिक विशेषज्ञों नौकरशाहों शिक्षाविदों तथा आम लोगों सहित सभी पक्षों से राय मांगी है मसौदे को अंतिम रूप देने के बाद केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी मसौदे में विधि आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान और उन्नीस सौ पचास के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की है पेंशनर सातवां वेतनमान प्रदेश के अस्सी हजार पेंशनरों को अब सातयें वेतनमान के अनुरूप पेंशन मिलेगी राज्य सरकार ने एक जनवरी दो हजार सोलह के पूर्व सेवानिवृत्त और परिवार पेंशनभोगियों की पेंशन को सातवें वेतनमान के अनुरूप बढ़ाने का फैसला लिया है इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान एक अप्रैल दो हजार अट्ठारह से किया जाएगा पेंशन की न्यूनतम राशि सात हजार सात सौ पचास रूपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना करीब छह सौ करोड़ रूपये अतिरिक्त वित्तीय भार आने का अनुमान है उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्रो डॉक्टर रमन सिंह ने विधानसभा के मानसून सत्र में चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए प्रथम अनुप्रक बजट पर चर्चा के दौरान इसकी घोषणा की थी वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक पेंशन पुनरीक्षण वर्तमान मूल पेंशन और परिवार पेंशन को दो दशमलव पांच सात के गुणक से गुणा करके और इससे प्राप्त राशि को आगामी रूपये में पूर्णांकित करते हुए किया जाएगा इस गणना के लिए वर्तमान मूल पेंशन और परिवार पेंशन में महंगाई राहत शामिल नहीं होगी वृद्ध पेंशनरों और परिवार पेंशनरों के लिए निर्धारित पेंशन की वर्तमान व्यवस्था यथावत लागू रहेगी विस अविश्वास प्रस्ताव छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में करीब चौदह घंटे की चर्चा के बाद ध्वनिमत से गिर गया इसी के साथ विधानसभा के मानसून सत्र का भी समापन हो गया कांग्रेस ने पंद्रह अलग अलग मुद्दों पर राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हर बार भाजपा सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरी है और इस बार भी उतरेगी उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता फिर से उन्हें मौका देगी और भाजपा की सरकार बनेगी मुख्यमंत्री ने विपक्षी आरोपों पर कहा कि अविश्वास प्रस्ताव सिद्धांतहीन नीतिहीन और दिशाहीन है इससे पहले कांग्रेस के सदस्यों ने किसानों से वादाखिलाफी बिगड़ती कानून व्यवस्था नक्सलवाद सीडी कांड और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह राजनीतिक नहीं बल्कि तंत्र पर लोक के विश्वास और अविश्वास का सवाल है उन्होंने कहा कि अपने प्रतिदंद्वियों को निपटाने में किसी भी हद तक जाने वाली और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वहीं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि सत्तापक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को इतना नकारा कहा फिर भी कई मंत्रियों को बोलने की जरूरत पड़ी उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लाखों परिवारों को राशन कार्ड से वंचित कर दिया गया है

इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे इसी दिन रात आठ बजे कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से किया जाएगा दूरदर्शन के रायपुर केन्द्र और राज्य में स्थित एफएम रेडियो स्टेशनों से भी कल सुबह पौने ग्यारह बजे से ग्यारह बजकर पांच मिनट तक रमन के गोठ कार्यक्रम सुना जा सकेगा

श्रम मंत्री भईयालाल राजवाड़े की अध्यक्षता में मंत्रालय में आयोजित क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में बताया गया कि प्रदेश के दस जिलों में स्थित औषधालयों में इलाज की सुविधा उपलब्ध है बाकी जिलों में भी जल्द ही औषधालय सह स्थानीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे श्रम मंत्री ने बीमित हितग्राहियों को बेहतर इलाज की सुविधा के साथ ही चिकित्सा देयकों का तुरंत भुगतान करने के निर्देश दिए बैठक में पूरे प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने तथा रायपुर और कोरबा में चिकित्सालय निर्माण कार्यो को जल्द पूरा करने के संबंध में भी चर्चा की गई

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कल जिले के बोड़ला विकासखंड के ग्राम पचराही में इस गौशाला की आधारशिला रखेंगे इस दौरान मुख्यमंत्री जिले में करीब एक सौ छह करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे मेगा ब्लॉक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलमंडल के अंतर्गत उरकुरा दाधापारा के बीच तीनों लाइनों पर आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते कल आठ जुलाई को डाउन लाइन पर कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा गोंदिया झारसुगड़ा पैसेंजर और झारसुगड़ा गोंदिया पैसेंजर ये दोनों ट्रेनें बिलासपुर और रायपुर के बीच रद्द रहेगी इसके अलावा रायपुर गेवरा रोड पैसेंजर और बिलासपुर रायपुर पैसेंजर को भी रद्द किया गया है यात्रियों की सुविधा के लिए कल अमृतसर बिलासपुर से चलने वाली छत्तीसगढ एक्सप्रेस को रायपुर और बिलासपुर के बीच पैसेंजर के रूप में चलाया जाएगा इस खंड में आने वाले सभी स्टेशनों पर यह ट्रेन रूकेगी जिले की चिट्ठी श्रोताओं आकाशवाणी समाचार द्वारा कल सुबह नौ बजे जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा प्रसारित किया जाएगा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 इस बार के अंक में सरगुजा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी नारायणपुर फ्टबॉल बस्तर संभाग के माओवाद प्रभावित नारायणपुर जिले में आगामी बीस से बाईस जुलाई तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा यह प्रतियोगिता इंडियन एयर फोर्स के पहले एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर होगी इस प्रतियोगिता में तीन आयु वर्ग के बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले सकेंगे सब जूनियर बालक वर्ग में चौदह वर्ष से कम जूनियर बालक वर्ग में सत्रह वर्ष आयु वर्ग से कम और जूनियर बालिका आयु वर्ग में भी सत्रह वर्ष की बालिका खिलाड़ी शामिल होंगी प्रदेश के सभी तेरह जोन से हर वर्ग से एक एक टीम यानि हर एक जोन से तीन टीम शामिल होगी इस स्पर्धा में छह सौ पच्चीस खिलाड़ी भाग लेंगे प्रतियोगिता में विजयी टीम नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होगी जिला कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतियोगिता की तैयारियां जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं रोजगार मेला नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आज रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया इस मेले में रिटेल ट्रेड आटोमोबाइल और आईटी ट्रेड से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण प्रदेश के पांच सौ इकहत्तर विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था मेले में दुर्ग कवर्धा जांजगीर चांपा कांकेर बिलासपुर और सरगुजा जिले से आए विद्यार्थी शामिल हुए इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश में शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए पहली बार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है